जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों को किसी भी सूरत में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा आज मंडी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान दे रही है और हाऊसिंग सेक्टर में भी योजनाबद्व तरीके से काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर विकास के कार्य करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के लिए उपचुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा फोरलेन निर्माण के कारण चण्डीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं

उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है जयराम ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे सीएम इस बीच धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट के मीडिया प्लान के क्रियान्वयन को लेकर आज शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई उन्होंने इस मेगा इवेंट के व्यापक प्रचार प्रसार को सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए वीरेंद्र कंवर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा के लिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार हर संभव मदद कर रही है मंडी ज़िले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में झुंगी और सलवाहण में नए स्तरोन्नत पशु चिकित्सालय का शुभारम्भ करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही वीरेंद्र कंवर ने पश् पालकों से उन्नत नस्ल के पश् पालने का आग्रह करते हए कहा कि इससे उनकी आर्थिकी मजबूत होगी उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान करते हुए खेतों में देसी खाद का प्रयोग करने को कहा ताकि भूमि की उर्वरकता बनी रहे इस दौरान उन्होंने सलवाहण में बनने वाले कॉमन सर्विस सेंटर का शिलान्यास किया और झुंगी में पोषण मेले में भाग लिया

मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने जीएसटी राजस्व में सुधार लाने के संबंध में आज शिमला में हई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

मुख्य सचिव ने जीएसटी राजस्व में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी बल दिया उन्होंने बताया कि होटलों और होमस्टे को टैक्स के दायरे में लाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा श्रीकांत बाल्दी ने उपभोक्ताओं द्वारा पैट्रोल व डीजल के इस्तेमाल के लिए सी फार्म के प्रावधान को हटाने के अधिकारियों को निर्देश दिए बैठक में प्रधान सचिव वित्त प्रबोद्ध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे

दयाल प्यारी पच्छाद से जबकि राकेश चौधरी धर्मशाला से पार्टी से बागी होकर आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा भेंट राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की हिमाचल के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद उनकी राष्ट्रपति से ये शिष्टाचार भेंट थी इस बीच राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और वरिष्ठ भाजपा नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी के साथ भी मुलाकात की वन मंत्री एशिया की पहली रिवर राफि्टंग चैम्पियनशिप अगले साल कुल्लू मनाली में आयोजित की जाएगी वन व युवा सेवाएं और खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज मनाली में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि चैम्पियनशिप के लिए वर्ल्ड राफिटंग फैडरेशन ने मंजूरी दे दी है गोविंद ठाकुर ने बताया कि चैम्पियनशिप के लिए चीन ईरान और नेपाल ने भी आवेदन किया था लेकिन कुल्लू मनाली को इसकी मेजबानी का मौका मिला है

नवरात्र प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में इन दिनों शारदीय नवरात्र के चलते वातावरण भक्तिमय बना हुआ है

माना जाता है कि मां काली दुखों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करती है प्रदेश में स्थित मां दुर्गा के शक्तिपीठों श्रीनैना देवी चिंतपूर्णी ज्वालामुखी बजेश्वरी देवी और चामुण्डा सहित अन्य मंदिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है और दिनभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीश नवा रहे हैं इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं सोलन में आज माता शूलिनी के मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना कर अपनी खुशहाली की कामना की

आज शिमला के राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल शाखा और अन्य सभी विभागों के सचिवों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि दृष्टिहीनों का बैकलॉग भरने के लिए पहले की तरह चयन समिति गठित की जाए संघ की हिमाचल शाखा के प्रदेश संयोजक कुलदीप ठाकुर ने बताया कि मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों में कार्यरत दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और टॉकिंग सोफ़टवेयर युक्त कम्प्यूटर लगाने के भी निर्देश दिए

राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर को आंध्रप्रदेश लक्ष्यद्वीप और दमनद्वीप राज्यों का कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किया हैं त्रिलोक कपूर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम की जिम्मेदारी देने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया है प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय विकास संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष ओपी शर्मा के नेतृत्व में कल शिमला में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर वंदे भारत रेल सेवा का ठहराव पठानकोट में करने का अनुरोध किया

केंद्रीय मंत्री ने इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया है

भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने इस अवसर पर खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने का आहवान किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है इस अवसर पर नरेंद्र बरागटा ने बैटमिंटन के क्षेत्र में प्रदेश के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया